कृषि राज्यमंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत र्न जोधपुर में काजरी में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि देश के कॉमन सर्विस सेन्टर्स पर मौजूद किसान प्रधानमंत्री से सीधे संवाद कर सकेंगे

किसान नरेंद्र मोदी एप के जरिए भी प्रधानमंत्री से बातचीत कर सकते है

श्री मीणा कल केन्द्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के ट्राईफेड और राजस संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित लघु वन उपज की समर्थन मूल्य की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि आदिवासी किसान जो वन उत्पाद से अपनी आजीविका चलाते है उन्हें उनके उत्पाद का उचित दाम मिलेगा तो वे आत्मनिर्भर बनेंगे इस अवसर पर श्री मीणा ने कृषि वन उपज मण्डी और लघ् वन उपज मण्डी के बारे में भी विस्तार से चर्चा की

जयपूर जिला कलक्टर सिद्वार्थ महाजन के बताया कि जयपुर के बस्सी दूदू फुलेरा सांभरलेक आमेर किशनगढरेनवाल चौमूं सांगानेर कोटप्रतली जयसिंहपुरा पर शिविर लगाकर लागों के राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है बीकानेर में भी इस अभियान के तहत आज जलालसर राजासर कोलायत के दियातर खाजूवाला और श्रीडूंगरगढ में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है

इस समारोह में प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई मंत्री और नेता भाग लेंगे इसी सिलसिले में राज्य सरकार और पतंजलि योग पीठ की ओर से तीन दिन का शिविर कोटा के आरसीए मैदार पर कल से शुरू हुआ शिवर में योग गुरू बाबा रामदेव द्वारा आगन्तुकों को योग अभ्यास करवाया जा रहा है

श्री मेघवाल कल रिडमलसर पुरोहितान के अटल सेवा केन्द्र पर राजकीय ड्रंगर महाविद्यालय द्वारा आयोजित समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के दूसरे चरण में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर केन्द्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई

डॉक्टर के पास से सौ से अधिक अंग्रेजी दवाईयां बरामद की गई है

अजमेर जिले के किशनगढ इलाके में कल लिफ्ट में फसने से एक युवक की मृत्यु हो गई पुलिस ने शव को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं

मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे से बारां अटरू विधानसभा क्षेत्र के जनसंवाद के दौरान स्थानीय लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी के बारे में कार्य में लापरवाही बरतने और लम्बे समय तक बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने की शिकायत की थी

श्री गहलोत ने कल अपने बयान में कहा है कि राज्य के किसान गर्मी में लहसुन के खराब होने से चितिंत है और ऐसे हालात में सरकारी खरीद की अवधि को बढ़ाने के साथ इस योजना का किसानों को लाभ मिलने की व्यवस्था की जानी चाहिए